कैबिनेट निर्णय प्रदेश में जमीन की सरकारी कीमत यानी बाजार मूल्य गाइड लाइन की दरों में तीस प्रतिशत की कमी की जाएगी वहीं पंजीयन शुल्क को बढ़ाकर गाइड लाइन मूल्य का चार प्रतिशत किया जाएगा अब पंजीयन पर कुल मिलाकर टैक्स सवा दस प्रतिशत हो जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया निर्णय के मुताबिक जमीन के बाजार मूल्य गाइड लाइन की दरों में कमी किए जाने से दस्तावेजों के पंजीयन और राजस्व में वृद्धि होगी इससे रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी तथा किफायती दरों पर लोगों को मकान उपलब्ध होंगे ये प्रावधान पच्चीस जुलाई से लागू होंगे इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में कोरबा के बिजली संयंत्र की पचास पचास मेगावाट की चार यूनिटों को पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार बंद करने का भी निर्णय लिया गया कैबिनेट ने विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस का भी अनुमोदन किया है राज्यपाल नियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छह राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सात बार सांसद रहे रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है श्री बैस केन्द्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं वहीं मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का तबादला करते हुए उन्हें उत्तरप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन अब मध्यप्रदेश के नए राज्यपाल होंगे इसी तरह फागु चौहान बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं जबकि जगदीप धनकड़ को पश्चिम बंगाल और आरएन रवि को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली में निधन हो गया वे इकयासी वर्ष की थी श्रीमती दीक्षित पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं वह उन्नीस सौ अंठानवे से दो हजार तेरह तक तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती दीक्षित केन्द्र सरकार में मंत्री और केरल की राज्यपाल भी रही थीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रीमती दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया है विस अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत करीब चार हजार तीन सौ इकतालीस करोड़ रूपये के अनुप्रक बजट को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया अनुप्रक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में न तो सरकार का खजाना खाली है और न ही आर्थिक संकट की स्थिति है इस वर्ष अप्रैल से जून माह के दौरान केंद्रीय अनुदान की राशि में कमी होने के बावजूद राज्य को सभी स्रोतों से सोलह हजार तीन सौ छियालीस करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने ऋण के रूप में ली गई राशि का उपयोग किसानों को धान के बोनस भुगतान में किया है इसी राशि से गरीब किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋणों की माफी भी की गई है उन्होंने कहा कि राज्य के वित्तीय संसाधनों का उपयोग पूरी मितव्यता के साथ किया गया है यही कारण है कि सरकार नई नई योजनाओं पर खर्च करने के बाद भी राजस्व को बचाने में सफल रही है छत्तीसगढ़ विधानसभा इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की घोषणा की विधानसभा का मानसून सत्र पांच बैठकों के बाद कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया यह सत्र बारह जुलाई से आरंभ हुआ था कृषि ऋणमाफी तिहार प्रदेश के सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में अल्पकालीन कृषि ऋणमाफी की जानकारी किसानों को देने के लिए आज से तीस जुलाई तक ऋणमाफी तिहार का आयोजन किया जा रहा है वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा मुख्यालय पर एक से दस अगस्त तथा जिला स्तर पर दस से पंद्रह अगस्त तक ऋणमाफी तिहार आयोजित किए जाएंगे अधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि होंगे समिति स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में संबंधित ग्राम पंचायतों के पंच सरपंच संचालक मंडल के सदस्य ऋणधारी किसान सहित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को आमंत्रित किया जाएगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की रक्षा मंत्री ने द्रास में आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए पुस्तिका में अपने संदेश में श्री सिंह ने लिखा कि इस ऐतिहासिक मौके पर वे करगिल युद्ध के सभी योद्दाओं को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया शहीदों का उत्साह और पराक्रम आज सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने गरीबों को मुफ्त रसोई गैस देने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उज्जवला योजना की प्रशंसा की है एजेंसी ने कहा कि यह पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अट्ठाईस जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की यह दूसरी कड़ी होगी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में श्री मोदी ने लोकतंत्र के महत्व का उल्लेख किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गौरव के साथ दावा कर सकता है कि लोकतंत्र इसकी संस्कृति में निहित है और इसकी विरासत का हिस्सा है केंद्रीय सचिव सराहना केन्द्रीय संयुक्त सचिव और नीति आयोग के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किए गए जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर अमित सहाय ने छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना की सराहना की है उन्होंने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाकर किसानों की आय में वृद्वि करने वाली महत्वाकांक्षी योजना बताया डॉक्टर सहाय ने राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान ग्राम मोखला के आदर्श गौठान का अवलोकन किया और कहा कि गौठान के संचालन के लिए जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में जांजगीर चांपा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी रेलवे विशेष अभियान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत स्टेशनों और ट्रेनों में गुणवत्तायुक्त खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत रायपुर मंडल से गुजरने वाली पेंट्रीकार आधारित सभी ट्रेनों के साथ ही स्टेशनों में वाणिज्य और सुरक्षा विभाग की टीम को अवैध वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं माओवादी समर्पण दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी सहित दो माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया है इनमें से एक माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय था और इस पर तीन लाख रूपये का इनाम घोषित था जबकि दूसरा माओवादी मलंगीर एरिया कमेटी के अंतर्गत गुमियापाल क्षेत्र में सक्रिय सीएनएम पार्टी का सदस्य रहा है आत्मसमर्पण करने वाले इन दोनों माओवादियों को दस दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है संक्षिप्त समाचार राज्य शासन ने उद्यानिकी फसलों में मौसम आधारित फसल बीमा कराने के लिए इकतीस जुलाई तक समय सीमा निर्धारित की है छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों का टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण कल इक्कीस जुलाई को रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित रविन्द्र मंच में सुबह ग्यारह बजे से किया जाएगा गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर जनपद पंचायत में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त एक सौ उनतीस शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है दंतेवाड़ा जिले में गीदम बारसूर मार्ग पर एक वाहन से करीब एक लाख रूपये की कीमत की लकड़ी जब्त की गई है इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है